आज विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कोटप्रतली और बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय और तीन स्थानों पर नये कन्या महाविद्यालय खोले जाने की बात भी कही श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ अब सभी वर्ग की बीपीएल परिवारों की पात्र युवतियों को दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी पर नियंत्रण के लिए पीर्सीपी एण्ड डीटी एक्ट की तर्ज पर कार्यवाही की जाएगी

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटी स्कैन एमआरआई के साथ एजियोग्राफी की सुविधा को भी फ्री करने की बात कही बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने विगत सरकार द्वारा कई संस्थानों और योजनाओं का नाम बदलने की भी आलोचना की उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बेहद गम्भीर है

इससे पहले बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जीएसटी से राज्य का टैक्स कलेक्शन बढा है

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में मेवाड़ के साथ अन्याय किया गया है

प्रष्नकाल में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ के खातेदारी जमीन पर बजरी खनन के पट्टे जारी करने के संबंध में तारांकित प्रष्न का जवाब खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दिया इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने इससे संबंधित प्रक प्रश्न प्रछने चाहे लेकिन एक दो प्रष्नों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अनुमति नहीं दी जिस पर नाराज भाजपा सदस्यों ने वैल में आकर नारेबाजी की प्रष्नकाल समाप्ति पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रष्न पूछना सदस्यों का अधिकार है यदि उन्हें इससे वंचित रखा जायेगा तो भाजपा के सभी सदस्य प्रष्नकाल का बहिष्कार करेंगे इसके बाद सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि उनके प्रष्न से बजरी खनन संबंधी मामले में सरकार की कलई खुल रही थी

वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर चिन्ता जताई प्रहलाद जोशी ने बताया कि सांसदों को सरकार की नई योजनाओं की जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को देने को कहा गया है बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए

बाड़मेर में नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव की अगुवाई में केन्द्रीय दल में शामिल अधिकारियों ने आज गडरारोड रामसर और बालोतरा इलाके का भ्रमण कर जल संरक्षण संरचनाओं का अवलोकन किया

दौसा में अभियान की सहायक निदेशक किरण भड़ाना ने लालसोट और लवाण ब्लॉक के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ लालसोट के इन्द्रावा ग्राम पंचायत भवन पर बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन किया वहीं महारिया गांव में बने अनेक तालाबों को भी देखा

इसका शुभारंभ आज पीपलोद गांव से हुआ कार्यक्रम में पीपलोद के पांच सर्वश्रेष्ठ घरों के मालिकों को सम्मानित किया गया इस दौरान पौधारोपण और स्वच्छता की शपथ कार्यक्रम भी हुआ

जहां इस मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी है वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोग इस घटना के प्रति गहरी नाराजगी जता रहे हैं

इसके बाद राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो गया यह परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में आयोजित की गयी थी जिसका अन्नाद्रमुक द्रमुक वामपदल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आदि दलों के सदस्यों ने कड़ा विरोध करते हुए कल सदन में हंगामा किया जिसके कारण कार्रवाई चार बार स्थगित करनी पड़ी और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका

इनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई गई है

इस उपलक्ष्य में प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं मंदिरों देवालयों आश्रमों और मठों में गुरू पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ग्रू पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों ग्रूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामना दी है उन्होंने कहा कि वे उन सभी ग्रूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गुरू पूर्णिमा का विशेष महत्व है

श्री वर्मा को यह सम्मान सुप्रसिद्ध संगीतकार पं विश्वमोहन भट्ट तथा अकादमी की उपसचिव विनोदिनी शर्मा द्वारा प्रदान किया गया अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन के अनुसार श्री वर्मा को यह सम्मान प्रदर्शन कलाओं में विद्वत्ता के लिए दिया गया है